इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

कोरोना म्ख्यमंत्री म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है क्ल एक लाख बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य है निजी अस्थतालों में भी निश्ल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है इसके साथ ही बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित करने की भी योजना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है श्री चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हए ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना दो अभियान संचालित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के साथ सहयोग के लिए ज्ड़े कोरोना वॉलेंटियर्स को कोरोना संक्रमण के विरूदध अभियान में आवश्यकता के अन्सार जिम्मेदारी सौंटी जाएगी

इन मशीनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा

टीकमगढ जिले मे कोरोना संक्रमण को देखते हए जिला मेडिकल बोर्ड सथ्यगित कर दिया गया है

आक्सीजन प्रभारी इंदौर संभाग में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हए संभागाय्क्त डॉ वन शर्मा ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर को अस् तालों में ऑक्सीजन का अ व्यय रोकने के दिशा निर्देश दिये है उन्होंने सबंधित विभागों से नो लीकेज नो वेस्टेज प्रमाण त्र जुटाने और अस् ताल में प्रत्येक फ्लोर या वार्ड में एक किसी स्टॉफ की इयूटी ऑक्सीजन प्रभारी के रू में लगाने को कहा है

आज हले मैच में शाम साढे सात बजे मौजूदा चैंगियन म्म्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा आईपीएल के इस संस्करण के मैच म्ंबई चैन्नई बंगल्रू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे

पिछले साल कोविड महामारी को देखते हुए आईपीएल की टीमें संयुक्त अरब अमारात गईं थी

गेहूं की खड़ी फसल को वर्षा से न्कसान हो सकता है